आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है विधेयक राज्यसभा में बुधवार को और लोकसभा में सोमवार को पारित किया गया था

बूंदी जैसलमेर सहित कई जिलों में शिविर लगाकर अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा रही है

भरतपुर में कल देर रात शुरु हुआ बारिश का दौर आज दूसरे दिन भी जारी है वहीं कल नागौर झुंझुनूं सीकर बीकानेर चूरु और अलवर सहित कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई ओले गिरने से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है और सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है इससे गेंहू और सरसों की फसल को खासा नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को फसलों की खराबी का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के उत्तरी भाग में आज से घना कोहरा छाया रहेगा उधर आकाशीय बिजली गिरने से सीकर जिले में तीन और अलवर में दो लोगों की मौत हो गई केंद्र सरकार बारह हजार छह सौ साठ टन अतिरिक्त प्याज का आयात करेगी

अब तक लगभग तीस हजार टन प्याज के आयात का अनुबंध हो चुका है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी मुआवजे के मुद्दे को लेकर गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के खिलाफ मेदभाव के आरोपों का खंडन किया है उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को अगस्त से मुआवजा नहीं दिया गया है और केन्द्र राज्यों के प्रति जीएसटी मुआवजे की प्रतिबद्धता पूरी करेगा

कल नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में यह फैसला किया गया

केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से कल दिल्ली में राष्ट्रव्यापी भारत बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि इसे लेकर पार्टी की ओर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं

एटीएम में पच्चीस लाख रुपए होने की संभावना है पुलिस चोरों की तलाश कर रही है चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में पूलिस ने कल पांच क्विंटल से ज्यादा अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद करके दो तस्करों को गिरफ्तार किया है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराघ बीएल सोनी ने बताया कि वित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में अफीम और डोडा चूरा की तस्करी की सूचनायें मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है

आबकारी आयुक्त विष्णुचरण मलिक ने बताया कि चूरू झुन्झुन् झालावाड़ राजसमंद चितौड़गढ़ दौसा करौली जैसलमेर प्रतापगढ बाड़मेर धौलपुर जोधपुर नागौर अलवर पाली कोटा टोंक भरतपुर और जालोर के जिला आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है